उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए जल आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए जल शक्ति अभियान लोगों के बीच जल संरक्षण के फायदे और देश में पानी के कम होते स्रोतो के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए दो चरणों में शुरु किया गया पहला चरण कल से शुरू हो गया है जिसमें सभी राज्य भाग ले रहे हैं और दूसरा चरण एक अक्तूबर से तीस नवम्बर तक पूर्वोत्तर मानसून वाले राज्यों के लिए चलाया जाएगा कृषि समिति केन्द्र ने भारतीय कृषि में बदलाव के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उच्च अधिकार युक्त समिति का गठन किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवींस इस समिति के संयोजक होंगे जबकि मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश कर्नाटक हरियाणा अरूणाचल प्रदेश गुजरात के मुख्य मंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया हैं केन्द्रीय कृषि ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री भी इस समिति के सदस्य होंगे इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य रमेश चन्दल को सदस्य सचिव बनाया गया है समिति कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा करेगी यह समिति नये मानकों को लागू करने और कृषि क्षेत्र में सुधारों को समयबद्ध ढंग से लागू करने का सुझाव देगी समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है कृषि विपणन और मूलभूत संरचना में निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए आवश्यक उपभोक्ता अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए समिति से सुझाव भी मांगे गये हैं

वनमंत्री उमंग सिंगार ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजे निर्देश में सभी वन मंडलों के लिए अलग अलग जांच दल गठित कर सात दिन में रिपोर्ट देने को कहा है गौरतलब है कि वनमंत्री ने बैतूल वनमंडल के तहत रोपे गये पौधों का मौके पर मुआयना किया था

इसके बाद वनमंत्री ने जांच के निर्देश दिये हैं स्कूल प्रवेश लॉटरी कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को अशासकीय स्कूलों में प्रवेश के लिये कल लॉटरी की प्रक्रिया शुरू हुई

आवेदको को लॉटरी में आवंटित स्कूलों की जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा भेजी जा रही है

सहरिया शिवपुरी जिले में सहरिया आदिवासी परिवारों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें मुर्गी और बकरी पालन जैसे व्यवसायों से जोड़ा जायेगा इसके लिए बैंको से सहयोग लिया जायेगा स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान कल कलेक्टर अनुग्रहा पी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों में मुर्गी पालन हेतु बड़ी संख्या में पोल्ट्री फॉर्म बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं

यह यात्रा पन्द्रह अगस्त को रक्षाबंधन के साथ ही समाप्त हो जाएगी अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने आकाशवाणी को बताया कि पवित्र गुफा के लिए छह हजार आठ सौ चौरासी यात्री बालटाल से और तीन हजार से अधिक श्रद्धालु पहलगाम के रास्ते रवाना हुए

ट्रेनों की झलक नाम की यह सारिणी कल से लागू हो गई है

किकेट क्रिकेट विश्वकप में आज बर्मिंघम में भारत का मुकाबला बंगलादेश से होगा मैच भारतीय समयानुसार दिन के तीन बजे शुरू होगा जिसका आंखो देखा हाल आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा अगर आज भारतीय टीम जीतती है तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी

नरसिंहपुर में सबसे अधिक ग्यारह दशमलव छह शून्य सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई वहीं सतना इंदौर धार सागर रतलाम विदिशा और सीहोर सहित अनेक स्थानों पर बारिश हुई